मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी इस समारोह में मौजूद रहेंगे इस बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए समी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं

राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संदेश के तुरंत बाद प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र और उसके उपरांत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षा का दर्जा दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि सीबीआई देश में मुख्य संघीय जांच एजेंसी है और यह अपने अस्तित्व के पांच दशकों से अपना दायित्व प्रतिष्ठा तथा विशिष्टता से निभा रही है ट्रिब्यूनल केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के बंद होने के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसके लंबित मामलों की सुनवाई प्रदेश हाईकोर्ट और संबंधित सिविल कोर्ट में किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है ट्रिब्यूनल को जिन न्यायालयों से मामले स्थानांतरित हुए थे अब उन्हें वापिस उन्हीं न्यायालयों में भेजा गया है विधानसभा के आने वाले मॉनसून सत्र में इससे संबंधित संशोधित विधयेक लाया जाएगा सुरेश भारद्वाज इस वर्ष नवम्बर माह में धर्मशाला में आयोजित होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर मीट के अंतर्गत शिक्षा विभाग ने कल दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए यह समझौता ज्ञापन शिक्षा विभाग ने कांगड़ा की केसीएस ऐजुकेशन सोसायटी और हमीरपुर की हिम अकादमी के साथ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किए जिसके अंतर्गत कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में स्कूल स्थापित किए जाएंगे

मौसम मॉनसून की सक्रियता के चलते राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का कम रात से ही रूक रूक कर जारी है लगातार हो रही बारिश और भू स्खलन से राज्य की अधिकांश अंदरूनी सड़कें अवरूद्व पड़ी हैं और नदी नाले भी पूरे उफान पर हैं जिससे किसानों व बागवानों को अपनी फसलें मुख्य सड़क और कृषि मंडी तक पहंचाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार पागल नाला में बाढ़ आने से लारजी सेंज मार्ग बंद है वहीं चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग चंबा पठानकोर्ट पर लहासा गिरने से यह मार्ग देर रात से ही बंद पड़ा है

सडक मांग जिला मंडी के अंतर्गत बगशाड़ के धैहणी गांव में सड़क सुविधा न होने के कारण कल एक गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल न पहुंचाए जाने के कारण उसके गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो गई जिसे लेकर स्थानीय लोगों में गहरा रोष है स्थानीय लोगों ने सरकार से मांग की है कि वर्षो से लंबित पड़ी इस सड़क निर्माण की मांग को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने चंडीगढ़ में हुए रोड शो से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण का कहना है जयराम ने चंडीगढ़ में किया रोड शो एमओयू पर हस्ताक्षर

दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है चंडीगढ़ रोड शो में जयराम सरकार को बड़ी कामयाबी आपका फैसला के अनुसार सरकार व उद्योगपतियों के बीच एक हजार करोड़ के एमओयू साइन

अमर उजाला की सुर्खी है विधायक का पीए पीएसओ और चालक गिरफ्तार दैनिक सेवरा टाइम्स के मुताबिक विधायक के स्टाफ ने शराब तस्करों सहित पुलिस पर बोला हमला भाजपा ने पूर्व मंत्री अनिल शर्मा से पीछा छुड़ाया शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है मंडी सदर से विधायक की सदस्यता रिन्यू नहीं की पार्टी ने दैनिक भास्कर का कहना है भाजपा ने पूर्व ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा की पार्टी सदस्यता रद्द की पंजाब केसरी के मुताबिक भाजपा ने अनिल को किया पार्टी से बाहर पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पर पंजाब केसरी का शीर्षक है पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े के दिल्ली से भी जुड़े तार नूरपुर से एक और गिरफ्तार अमर उजाला के अनुसार पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े में एक और गिरफ्तार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

नमस्कार